इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल देर शाम विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई

मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी के कमजोर वर्गो को दस फीसदी आरक्षण देने पर भी अपनी मोहर लगाई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दोपहर बाद कांगड़ा जिले के बैजनाथ के दौरे पर रहेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री पपरोला रेलवे स्टेशन से पठानकोट और बैजनाथ पपरोला के बीच चलने वाली नई एक्सप्रैस रेल को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे इस रेल के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी मौसम प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की उंची चोटियों पर रूक रूक कर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है इससे समूची घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं शिमला में दिन की शुरूआत गुनगुनी धूप के साथ हुई है मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है राज्य आपदा प्रबंधन ने भी लाहौल स्पीति चंबा किन्नौर कुल्लू और शिमला के उंचाई वाले क्षेत्रों में हिमखंडों के गिरने की चेतावनी दी है साथ ही लोगों को उंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसलों से जुड़ी खबर को आज अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है फोरलेन सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण यूनिट खोलने को केबिनेट ने दी मंजूरी दैनिक जागरण की सुर्खी है सवर्णो को सरकारी नौकरियों में आरक्षण एक कदम दूर पंजाब केसरी के शब्द हैं सामान्य श्रेणी को दस फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राज्य विधानसभा लगाएगी मोहर हिमाचल दस्तक ने लिखा है वर्दी खरीद प्रक्रिया में बदलाव टॉपर्ज को लैपटॉप देने पर पेंच

स्कूल बस हादसों पर भाजपा विधायक ने अपने ही मंत्री को घेरा पूछा और कितनी लाशें देखेंगे शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है विधानसभा में गूंजा ददाहू हादसा मुख्यमंत्री ने कहा दोबारा होगी जांच दैनिक भास्कर ने विपक्ष के हवाले से खबर को सुर्खी दी है आरटीओ के मना करने के बाद भी कैसे हुई बस की पासिंग जवाब दे सरकार अनुपूरक बजट विधानसभा में ध्वनिमत से पारित खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है लोन चुकाने को भी लोन ले रहा हिमाचल हिमाचल दस्तक की एक खबर है

दैनिक जागरण का शीर्षक है कांग्रेस की सियासत में चमकी विरासत दैनिक भास्कर के शब्द हैं हिमाचल में जीत के लिए कांग्रेस की टीम राठौर तैयार वीरभद्र के बेटे विधायक विकमादित्य व बाली के बेटे रघ्रवीर को महासचिव बनाया हिमाचल दस्तक के अनुसार कुलदीप राठौर ने नई टीम में वीरभद्र सुक्खू को साधा आईएएस अधिकारी देवेश कुमार हिमाचल के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त खबर भी सभी अखबारों में प्रकाशित है भारी बर्फबारी की चेतावनी के बीच भूकंप से हिला हिमाचल अमर उजाला की एक खबर है पंजाब केसरी ने खबर को शीर्षक दिया है भूकंप के झटकों से सहमा हिमाचल

लेकिन यह कैसे तय करेंगे कि जनमंच ही सुशासन की अनिवार्यता है आपका फैसला ने अपने संपादकीय में लिखा है प्रदेश में स्वाइन फलू कहर बरपा रहा है